इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाड़ियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे मिशन और सरदार वल्लभभाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है वहीं प्रदेश का रीवा जिला उन स्थानों में से एक है जिसे आज केवडिया से सीधा संपर्क मिल गया रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र का ध्यान रखा है रीवा की जनता उत्साहित है उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई ट्रेन से न केवल केवड़िया दर्शन करने का अवसर मिलेगा बल्कि रीवा और विंध्य क्षेत्र गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ सकेंगे रीवा से केवाड़िया स्पेशल ट्रेन को सतना में सांसद गणेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा यह ट्रेन विंध्य क्षेत्र के लोगों को स्टेच्यू आफ पहुंचाने में मददगार होगी सड़क सुरक्षा सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल सोमवार को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे

इस कार्यक्रम को देशभर में आम जनता विशेषकर युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है इसका उद्देश्य सभी लोगों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देने का अवसर भी मुहैया कराना है सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूल एवं कॉलेजों के साथ साथ चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के साथ मिलकर कई तरह की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा बर्ड फ्लू केन्द्रीय मत्स्यपालन पश्पालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्यप्रदेश के छतरपुर गुजरात के सूरत नवसारी और नर्मदा महाराष्ट्र के कुछ स्थानों उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों में एविएन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है इसके अतिरिक्त दिल्ली के नजफगढ़ में कबूतर और भूरे रंग के उल्लू और रोहिणी में बगुले में एविएन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है

सवाल टीका लगने से पहले यदि कोई व्यक्ति पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो क्या उस स्थिति में उसे टीका लगाया जा सकता है जवाब टीका लगाए जाने से पहले पंजीकरण के लिये पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सही लाभार्थी को टीका लगाया जा रहा है भोपाल कर्फ्यू राजधानी भोपाल में जमीन विवाद के मामलों को लेकर हनुमानगंज टीलाजमालपुरा और गौतमनगर थाना क्षेत्र में विवाद की आशंका को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है